विधानसभा सत्र् राज्य विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है सत्र के पहले दिन दिवंगत सदस्यों को श्रद्वांजलि देने के बाद कार्यवाही दिनभर के लिये स्थगित कर दी गई थी आज किसान कर्जमाफी सरकारी अधिकारियों के स्थानांतरण और बिजली कटौती सहित कई मसलों पर हंगामे के आसार है

वहीं सत्र की बैठक शनिवार और रविवार को भी होगी

कल हुई कार्यमंत्रणा समिति में इसका फैसला लिया गया भाजपा बैठक भोपाल में कल शाम भाजपा विधायक दल की बैठक आयोजित की गई बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान किसान कर्जमाफी तबादलों बिजली कटौती जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की गई बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान पर भी चर्चा हुई बैठक को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पार्टी के विधायक पूरी ताकत अध्ययन और ऊर्जा के साथ जन समस्याओं से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाएं सदन में पूरी संख्या में हमेशा उनकी मौजूदगी रहे

विधानसभा अध्यक्ष एनपीप्रजापति ने अधिकारियों की विदेश यात्रा पर रोक लगाने के निर्देश दिये हैं

बताया जा रहा है कि कई मंत्रियों और विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि अधिकारी उनके सवालों के जवाब दिये बिना अवकाश पर चले जाते हैं बीज संघ राज्य सहकारी बीज संघ अब किसानों को प्रमाणित एवं प्रजनन बीजों का वितरण और विपणन करने के साथ बीजों का उत्पादन भी करेगा सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह की अध्यक्षता और कृषि मंत्री सचिन यादव की उपस्थिति में कल मंत्रालय में संचालक मंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया बीज का ब्रांड नाम सह बीज होगा आगामी रबी मौसम से बीज संघ द्वारा स्वयं के बीज उत्पादन की योजना है मंत्री श्री सिंह ने बीज समितियों को सक्षम एवं सशक्त बनाने के लिए सदस्यों को कृषि विज्ञान केन्द्रों के जरिये प्रशिक्षित करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि समिति सदस्यों को वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षण अवश्य दिया जाए वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि बीज संघ से अधिक से अधिक बीज समितियों को जोड़ें तथा उन्हें विपणन में सहायता करें उन्होंने किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया मानवाधिकार भारत ने जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली संयुक्त राष्ट्र की ताजा रिपोर्ट पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है जम्मू कश्मीर की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय और ओएचसीएचआर की ताजा रिपोर्ट पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए भारत ने कहा है कि यह रिपोर्ट आतंकवाद को सही ठहराती है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश क्मार ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्वीकृत मान्यता से सर्वथा भिन्न है सुरक्षा परिषद ने इसी वर्ष फरवरी में पुलवामा आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी और बाद में आतंकवादी गुट जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित किया था उन्होंने कहा कि रिपोर्ट भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की स्थिति पर पहले से चले आ रहे झूठे और भ्रामक प्रचार को ही जारी रखने का एक प्रयास है

कार्यकम शाम पांच बजे भोपाल स्थित मंत्रालय में आयोजित होगा इसके तहत जो भी शिकायत चुनी जायेगी उसका शिकायतकर्ता वीडियो कान्फ्रेंस में संबंधित जिले से कलेक्टर के साथ जुड़ेगा और मुख्यमंत्री से सीधा संवाद करेगा इस दौरान मुख्यमंत्री शिकायत सुनने के साथ योजनाओं के कियान्वयन की समीक्षा भी करेंगे

आधिकारिक जानकारी के अनुसार सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यो को विद्यार्थियों की सुविधाजनक बैठक व्यवस्था के साथ आवश्यक दस्तावेज एवं ओटीपी लिंक की जानकारी पर्याप्त संख्या में अलग अलग दस्तावेज सत्यापन एवं काउंटर बनाकर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करने के निर्देश दिये गये हैं विद्यार्थी प्रवेश आवंटन पत्र प्रिन्ट कर संबंधित महाविद्यालय में मूल दस्तावेज के साथ आज से उपस्थित होकर शुल्क जमा कर सकते हैं

इस काम में जन प्रतिनिधियों और शासकीय कर्मियों की भी सक्रिय भागीदारी रही ग्रामीणों की इस पहल से अब इन ग्राम पंचायतों की बंजर भूमि बारिश के बाद हरी भरी होगी आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि बीजों के संग्रहण में भी पर्यावरण सरंक्षण का पूरा ध्यान रखा गया प्रमुख रूप से नीम सीताफल जामुन महुआ कंजई मुनगा के बीज रोपे गये हैं मछली पालन शहडोल संभाग की बंद हो चूकी ओपन कास्ट कोयला खदानों में मछली पालन किया जायेगा संभाग आयुक्त आरबी प्रजापति ने इस संदर्भ में प्रस्ताव बनाने के निर्देश मत्स्य पालन विभाग को दिये हैं श्री प्रजापति ने अनूपपुर में मछली पालन के लिये बनाई गई कार्ययोजना की तारीफ करते हवे कहा है कि संभाग के शहडोल और उमरिया जिलों में भी इस तरह की योजना बनाई जाये गौरतलब है कि संभाग की बंद हो चुकी दो दर्जन से अधिक ओपन कास्ट कोयला खदानों में पर्याप्त पानी है

किकेट विश्वकप क्रिकेट में आज मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रेफर्ड मैदान पर पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा मैच भारतीय समयानुसार दिन के तीन बजे शुरू होगा इस विश्वकप में लीग मैच स्तर पर भारत को केवल इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा था

न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के हाथों आखिरी तीन लीग मैचों में हार का सामना करना पड़ा दूसरा सेमीफाइनल इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरूवार को बर्मिंघम में खेला जाएगा फाइनल रविवार को लंदन में होगा आज के मैच का आंखों देखा हाल राजधानी एफएम रेनबो और आकाशवाणी के यू ट्यूब चैनल पर दिन के दो बजकर तीस मिनट से उपलब्ध रहेगा